राज्य में कल कोरोना संकमण के तीन हजार एक सौ अंठानबे नये मामलों की हुई पुष्टि

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड से लड़ने में राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय सहयोग करने को कहा है उन्होंने कहा कि अधिक प्रभावी रणनीति तैयार करने में वे राज्य सरकारो का मार्गदर्शन कर सकते हैं श्री नायड् ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कोरोना महामारी का सामना करने को लेकर राज्यपालों और उप राज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए यह बात कही श्री नायडू ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं सिविल सोसायटी संगठन समाज सेवी और कॉरपोरेट घराने पिछले एक साल के दौरान महामारी से लड़ने में सक्रिय भागीदार रहे हैं और महामारी की दूसरी लहर में भी उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि वायरस के फैलाव को समुदायों के समर्थन से नियंत्रित किया जा सकता है देश में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री नायड् ने आगाह किया कि इससे स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव आएगा

उपराष्ट्रपति ने कि केंद्र सरकार ने सभी से राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर एक टीम के रूप में एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने के प्रधानमंत्री के सुझाव का भी समर्थन किया बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में कोविड के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सबसे तेज दस करोड़ टीकाकरण करने वाला देश है उन्होंने कहा कि टीकाकरण और उपचार के बारे में संदेश देने के साथ ही राज्यपाल आयुष संबंधी उपचारों के बारे में भी जागरूकता संदेश प्रचारित कर सकते हैं उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक संगठनों राजनीतिक दलों गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त शक्ति का फायदा उठाने की जरूरत है श्री मोदी ने सुझाव दिया कि महामारी के सूक्ष्म नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं का निर्बाध सहयोग सुनिश्चित करने में राज्यपाल सक्रिय तौर पर कार्य कर सकते हैं श्री मोदी ने कोविड संक्रमण बढ़ने पर कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई के इस चरण में देश को पिछले साल के अनुभव और बेहतर स्वास्थ्य सेवा क्षमता का लाभ मिल रहा है पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान शुरू किया है इस अभियान को आहार से जुड़ी विशेष समस्या खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है भारत सहित विश्वभर में यह समस्या महसूस की जा रही है इसी बात को ध्यान में रखते हए आहार क्रांति अभियान शुरू की गई है इस अभियान का आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना आज पहले के मुकाबले कहीं अधिक जरूरी हो गया है आहार क्रांति अभियान के अंतर्गत लोगों को भारत के परंपरागत भोजन में पोषण स्थानीय फलों और सब्जियों के औषधीय गुणों तथा संतुलित आहार के महत्व के बारे में बताया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कोन्द्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया यह परीक्षाएं अगले महीने होनी थीं प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाए और साथ ही उनकी पढाई का भी नुकसान न हो

श्री निशंक ने कहा कि दसवीं कक्षा के अंक बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर दिए जाएंगे और अगर कोई विद्यार्थी अंकों से संतुष्ट न हुआ तो उसे स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा बोकारो जिले के अनुसूचित जाति के युवा और युवतियों को मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड की ओर से बांस हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया गया

प्रतिदिन अब लगभग तीन हजार मामले सामने आ रहे हैं राज्य के विभिन्न जिलों में कल कोरोना के तीन हजार एक सौ अंठानबे नए संक्रमित मरीज मिले

कल एक हजार सात सौ अंठानबे लोग ठीक हुए

यह टास्क फोर्स राज्यभर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध उपलब्धता तथा आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए काम करेगा टास्क फोर्स में सचिव के रूप में निदेशक उद्योग जितेंद्र कुमार वहीं सदेस्य के रूप में परिहवन आयुक्त किरण कुमार पासी संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग आदित्य रंजन और निदेशक औषधी रितू सहाय को शामिल किया गया है टास्क फोर्स राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई के साथ समन्वय स्थापित कर सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करेगी इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है

इनमें आठ अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में अपने कार्यो के अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति के तहत काम करेंगे वहीं दो अधिकारी की सेवा रांची जिला उपायुक्त के अधीन कर करेंगे इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाहद जोशी से सीसीएल के माध्यम से खेलगांव में कोरोना संक्रमितों के लिये बेड की अविलम्ब व्यवस्था कराने का आग्रह किया है उन्होंने मंत्री को बताया कि सीसीएल यहां पर बेड ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक संसाधन मुहैया करा सकता है ऐसा करने से रांची की बड़ी आबादी को राहत भी मिलेगी और उनका समुचित उपचार भी हो सकेगा उन्होंने कहा कि उक्त कार्य सीसीएल के सीएसआर और अन्य मद के माध्यम से किया जा सकता है इस पर केंद्रीय मंत्री ने सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद को इस दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया सीसीएल के सीएमडी ने सांसद श्री सेठ से बात कर इस पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होगी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्यभर में जागजागरण अभियान चलाकर जरुरतमंद लोगों को मदद करने का निर्णय लिया है पार्टी के निर्देश पर यह राज्यव्यापी अभियान की शुरूआत की जायेगी इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि सभी जिलों में होर्डिंग्स लगाये जाऐंगे और लोगों से सावधानी तथा ऐहतियात बरतने की अपील की जाएगी रामेश्वर उरांव ने कहा कि अभी मिलकर इस संकट से उबरना है डॉ उरांव ने जानकारी दी कि विभिन्न राज्यों से लौटने वाले लोगों की जांच और इलाज की जिम्मेवारी उसी जिले के सिविल सर्जन को सौंपी गयी है उन्होंने कहा कि बहुत जरूरत हो तभी रांची रेफर करने का निर्देश दिया है

बारिश के साथ तेज हवाए और थंडरिंग की भी संभावना है

विभाग से जानकारी मिली है कि इन पांच दिनों तक तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाए चलेंगी इस दौरान पूर्वी सिंहभूम प सिंहभूम सिमडेगा सरायकेला खरसावां रांची बोकारो ग्मला हजारीबाग खूंटी देवघर धनबाद दुमका गिरिडीह गोड्डा जामताड़ा पाकुड़ साहेबगंज में बादल और बारिश की संभावना है मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि आने वाले चार दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने सीबीएसई दसवीं की परीक्षा रदद होने और बारहवीं की परीक्षा स्थगित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा झारखंड में कोरोना के यूके और डबल वेरिएंट से संकमण शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्राथमिकता से प्रकाशित किया है वहीं हिंदुस्तान ने झारखंड में कोरोनो के दो विदेशी स्ट्रेन मिलने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है दैनिक जागरण लिखता है जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर सीएम का इंतजार दैनिक भास्कर ने रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए जाने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है